उज्जवला योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने आज कहा कि उज्जवला योजना ने महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और गरिमा प्रदान की है उन्होंने कहा कि खाना पकाने के पारंपरिक ईंधन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है नई दिल्ली में एशिया एलपीजी शिखर सम्मेलन का उदघाटन करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि इस साल जनवरी तक उज्जवला योजना के तहत छह करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिये जा चुके हैं

श्री प्रधान ने कहा कि अब आठ करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने का नया लक्ष्य रखा गया है

इन कलाकारों को पुरस्कार में एक लाख रुपये का चेक प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिह्न प्रदान किया जाएगा इस अवसर पर संस्कृति मंत्री डॉ महेश शर्मा एवं संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष शेखर सेन एवं अन्य गणमान्य अतिथि भी रहेंगे पुरस्कार पाने वाले प्रमुख कलाकारों में रमा वैद्यनाथन नृत्य गुंदेचा बंधु ध्रपद राजेंद्र प्रसन्ना बांसुरी हेमा सहाय अभिनय बापी बोस निर्देशन और शोभा केसर कथक आदि शामिल हैं साथ ही लोककला पारंपरिक कला मुखौटा नृत्य आदिवासी संगीत के क्षेत्र में भी पुरस्कार दिए जायेंगे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने मध्यम वर्ग की बेहतरी की दिशा में कई कदम उठाये हैं अपने ट्वीट संदेशों में उन्होंने कहा कि भारत प्रतिभाशाली मध्यम वर्ग का देश है जो राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि सुविधा जनक कर प्रणाली से लेकर अच्छी स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली और जीवन को सुगम बनाने की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग की ईमानदारी और कार्य की प्रति समर्पण प्रशंसनीय है कोलकाता न्यायालय आज उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को सीबीआई के समक्ष पेश होने का निर्देश देते हुए कहा है कि वे शारदा चिटफंड घोटाले की जांच में सीबीआई के साथ पूरी ईमानदारी से सहयोग करें न्यायालय ने श्री कुमार को पूछताछ के लिए सीबीआई के समक्ष शिलांग में पेश होने को कहा वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच उत्पन्न गतिरोध पर उच्चतम न्यायालय की व्यावस्थाए का स्वागत करते हुए कहा है कि न्यायालय के फैसले ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की निरंकुशता पर रोक लगा दी है वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने इसे अपनी नैतिक जीत बताया उन्होंने कहा कि हम न्यायालय के आदेश पालन करेंगे ऋण निर्देश भोपाल संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने निर्देश दिये है कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना में पंजीकृत किसान लाभ पाने से वंचित ना रहे साथ ही योजना को लागू करने में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाये आज भोपाल में संभागायुक्त ने समीक्षा बैठक में कहा कि सभी पात्र किसानों के नाम पोर्टल पर आवश्यक रूप से दर्ज किये जायें बैठक में बताया गया कि संभाग में आठ लाख से अधिक किसान है इन किसानों के आवेदन पत्रों की जांच का काम पूर्ण सुक्ष्मता से किया जाये उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि कोई भी अपात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ ना उठाने पाये

रैली में मुख्यमंत्री कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिधिया दिग्विजय सिंह सहित पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे गौरतलब है कि प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान श्री गांधी ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था

एक ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि राज्य में यह नीति पिछले वर्ष दिसम्बर में ही लागू कर दी गई है

लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मंजूर किये गये सभी छात्रावास भवनों के निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ नियत समय में पूरा किये जाने के निर्देश दिये हैं बेटी बचाओ कार्यशाला सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा आज भोपाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला गीत एवं नाटक प्रभाग से संबंद्व समूहों को इस अभियान के बारे में जानकारी देने के लिये आयोजित की गई है कार्यशाला को पीआईबी सभागार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है

मौसम पश्चिमी राजस्थान और सटे इलाकों में चक्रवाती हवाओं का घेरा बनने से प्रदेश में ठंड से थोड़ी राहत मिली है राज्य के उज्जैन ग्वालियर और चम्बल संभाग के जिलों में तापमान में वृद्वि हई है होशंगाबाद सागर और इंदौर संभागों में तापमान सामान्य से अधिक रहा तथा शेष जिलों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ सबसे कम न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस मंडला और छिंदवाड़ा में दर्ज किया गया

हालांकि शिवपुरी में पानी की बौछारें पड़ने से सर्दी फिर बढ़ गई है

मेले में रोजगार संबंधी जानकारी दी जायेगी